वाक्रो में मिशमी जनजाति के तमलाड्र उत्सव समारोह को संबोधित करते हए श्री मेन ने य्वाओं से अपनी समुद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरुक रहने और इसे आगे बढ़ाने का आहवान किया उपम्ख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड में सुविधाओं के विस्तार के लिए सैतीस करोड़ सत्तासी लाख रुपये मंज्र किए है उन्होंने कहा कि इससे परश्राम कृंड में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे श्री मेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए वोकल फॉर लोकल मिशन के तहत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हए स्थानीय हस्तशिल्प हथकरघा और कृषि उत्पादों को बढ़ाने और इसके प्रभावी मार्केटिंग पर जोर दिया

यह प्स्तक वर्ष उन्नीस सौ बासठ के भारत चीन युद्ध से प्रभावित लोगों के बारे में स्थानीय लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है

राजधानी क्षेत्र ईटानगर के सेंकी व्यू इलाके में आयोजित ओरियाह उत्सव समारोह में विधायक गेब्रियल डी वांग्स् सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे इस खास मौके पर पारंपरिक परिधानों से स्सज्जित जनजाति की टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्त्त किया राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने प्रदेश वासियों को ओरियाह त्योहार की श्भकामनाए देते हए राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है अपने ट्वीट में म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने कहा है कि ओरियाह त्योहार वांचो जनजाति की समुद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है

ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सभी सेक्टर्स में लोगों को ग्रीन और क्लीन ईटानगर के महत्व के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए इस वाहन को रवाना किया गया है

अपने संबोधन में श्री फासांग ने लोगों से ईटानगर को देश के स्वच्छ शहर का दर्जा दिलाने में सहयोग की अपील की है

ट्रेन्ड नर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा कॉन्टीन्य्इंग नर्सिंग एज्केशन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के मेडिकल एज्केशन विभाग के निदेशक डॉ आर डी खिरमें और ट्रेन्ड नर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया की पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपाध्यक्ष सीएस तादा ने रोगियों की बेहतर देखभाल के लिए नर्सो से समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की

अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दवारा केंद्रीय कानून और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव स्तर पर विवादों के निपटारे के समय कस्टमरी और फार्मल लॉ के बारे में जानकारी दी जा रही है अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव जावेप्ल् चाई ने बताया कि गांव ब्रढ़ा और ब्रढ़ी को उन्हें मिली हई कानूनी शक्तियों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर के विवादों में दखल न दे

इस ट्रेन में यात्रा को आरामदैक बनाने के लिए कई आध्निक स्विधाएं दी गई है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविड उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती प्रजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है